भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा का एंजेडा पहले विकास था व अब यह भ्रष्टाचार म्क्त हरियाणा होना चाहिए श्री नड्डा आज रोहतक की नई अनाज मंडी में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रम्ख पालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रभारी डा अनिल जैन ने कहा कि पन्ना प्रमुखों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है जल्द ही भव्य पन्ना प्रम्ख सम्मेलन आगामी विधानसभा च्नाव से पूर्व किया जाएगा हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा में इस समय नए लोग आ रहे हैं जो आता है आने दो लेकिन आपराधिक व्यक्ति को दूर रखना है उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की ओर से संकल्प पत्र भी तैयार किया जाना है सभी लोगों से राय लेकर अच्छा संकल्प पत्र तैयार करेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बिजली पानी व सड़क पर जोर दिया गया लेकिन अब अगला कार्य शिक्षा स्वास्थ्य और स्रक्षा को मजबूत करना है सम्मेलन को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्य् व कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ ने भी संबोधित किया

श्री मोदी के द्रसरे कार्यकाल मे यह कार्यक्रम का द्रसरा संस्करण होगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्रदर्शन और द्रदर्शन न्यूज़ के यू टीयूब चैनलों पर भी किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के त्रंत बाद इस कार्यक्रम को आकाशवाणी द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषा में इस कार्यक्रम का प्न प्रसारण रात आठ बजे होगा

हरियाणा प्लिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस व्यक्ति को नौल्था ब्राहमण माजरा मोड़ से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह इसराना की और से टेम्पो मे सवार होकर आ रहा था प्रवक्ता ने बताया कि प्लिस अधीक्षक श्री सूमित क्मार के दिशानिर्देश पर नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए जिला प्लिस दवारा विशेष अभियान चलाया गया है इसी अभियान के तहत प्लिस दवारा वाहनों की तलाशी ली जा रही आरोपी की पहचान किताब सिंह निवासी नौल्था गांव के तौर पर हई है प्छताछ करने पर आरोपी ने बताया की नशे की लत पूरी करने के लिए वह गांजा पत्ती को उत्तर प्रदेश से खरीदकर लाया था

करगिल विजय दिवस पर वाय् सेना के पूर्व अधिकारियों द्वारा मोहयाल भवन प्रेमनगर अम्बाला मे एक कार्यक्रम का आयोजन कर करगिल विजय पर ख्शी मनाई गई और शहीद ह्ये सैनिकों को नमन कर उन्हें श्रद्वाजंलि दी गई कार्यक्रम में पूर्व वाय्सेना अधिकारी नरेन्द्र राणा ने इस यूदव के अपने अन्भव पूर्व सेना अधिकारियों से सांझा किये

उन्होंने कहा कि नई दरे अगले महीनें की पहली तारीख से प्रभावी होगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किराये पर ली जाने वाली इलैक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की भी मंजूरी दी है

मौसम विभाग के अन्सार प्रदेश मे मानसून सक्रिय है आज भी प्रदेश में कई सथानों पर हल्की से मध्यम बारिश हई है मौसम विभाग ने अनुसार सबसे ज्यादा वर्षा पलवल बहाद्रगढ़ ग्रूग्राम भिवानी रोहतक और चंडीगढ़ में दर्ज की गई

उन्होंने कहा कि देश को उनके शौर्य और साहस पर गर्व है देश के लिये अपने जीवन बलिदान देने सीआरपीएफ के जवानों को देशभर में श्रद्वाजंलि दी गई

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राये ने स्मारक पर प्ष्पाजंलि अर्पित की इस अवसर पर बोलते हये श्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीआरपीएफ के जवान देश के लिये जीते और मरते है मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय मे जम्म कश्मीर आतंकवाद के संकट से म्क्त हो जायेगा हरिद्वार से कांवड़ लेकर वापिस गांव लौट रहे दो कावड़ियों को दिल्ली जयप्र राजमार्ग पर रेवाड़ी स्थित संगवाड़ी के पास तेज़ रफ्तार ट्राले ने क्चल दिया जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया सूचना मिलने के बाद मौके पर पहंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है प्लिस ने अज्ञात ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है